प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश के कारण ठंड में बढ़ोतरी

टीवी चैनल देखना होगा सस्ता केन्द्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि पिछले महीने देश के विभिन्न भागों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की भूमिका सामने आ रही है उन्होंने कहा कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेंगी नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सिमी के साथ इसका संबंध होने सहित पीएफआई के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं कुछ राज्य सरकारों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अपने यहां लागू नहीं करने के संकल्प के बारे में केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे संसद द्वारा पारित कानून को प्रदेश में लागू करें

मै राजनीतिक दलों और उनकी राज्य सरकारों को कड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं कि वे इत्त मुद्रे पर सही कानूनी सलाह लें

मैं पुनरू सभी राज्य सरकारों से अनुरोप करता हूं कि संविधान की अवज्ञा न करें केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी पार्टियों से कहा है कि वे नागरिकता संशोधन कानून सीएए पर भ्रम की स्थिति पैदा न करें उन्होंने वाराणसी में कहा कि यह कानून किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है और इससे किसी भी धर्म के व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं होगी राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड जारी है शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है इस बीच देर रात पटना गया सासाराम समेत अनेक इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से दक्षिण बिहार तक साइक्लॉनिक ट्रफ लाईन गुजर रही है आंशिक तौर पर कम चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बिहार बना हुआ है जिसके चलते पूरे प्रदेश में बादल छाये रहेंगे तीन चार दिनों बाद पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव खत्म होने पर एकबार फिर तेजी से तापमान गिरने की आशंका है कल पटना का अधिकतम तापमान इक्कीस दशमलव चार और न्यूनतम तापमान आठ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया गया का न्यूनतम तापमान तीन दशमलव छह भागलपुर का दस दशमलव दो पूर्णिया का दस दशमलव आठ और मुजफ्फरपुर का न्यूनतम तापमान ग्यारह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया उधर घने कोहरे के कारण ट्रेनों के विलंब से चलने का सिलसिला जारी है जबकि विमानों का आवागमन भी बाधित हुआ है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों को पांच जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का देश विदेश के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद का कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा बीस जनवरी को होगा देश भर में पोंगल मकर संक्रांति लोहड़ी ओणम और अन्य त्योहारों के कारण इस कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित किया गया है पहले यह कार्यक्रम सोलह जनवरी को होना था भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए मनी नाम का एक मोबाईल एप जारी किया है इस एप के जरिए रुपए की पहचान हो सकेगी मनी का अर्थ है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटीफायर आरबीआई के गर्वनर शक्ति कांत दास ने मुम्बई में इसे लांच किया मनी एप एन्ड्रायड और आईओएस दोनों संचालन प्रणालियों पर उपलब्ध होगा आरबीआई ने कहा कि यह एप डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी काम करेगा इसके जरिए उपयोगकर्ता कैमरे का उपयोग करके नोट को स्कैन कर सकते हैं एप नोट को पहचानकर हिन्दी और अंग्रेजी में बोलकर जानकारी देगा सिख धर्म के दसवें ग्रू ग्रूगोविंद सिंह जी महाराज का तीन सौ तिरेपनवां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है होल्ड गुरू गोविंद सिंहजी महाराज का जन्मदिवस देर रात आज पटना साहिब स्थित तख्तश्री हरिमंदिर साहिब में आयोजित किया जायेगा प्रकाश पर्व में भाग लेने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंचे हुए हैं राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि दशमेश ग्रूर श्री ग्रूगोविंद सिंहजी महाराज का महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व त्याग तपस्या बलिदान और विद्वता का अतुलनीय उदाहरण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में प्रकाश पर्व में शामिल हो रहे सिख श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा है कि गुरू महाराज का संदेश सत्यनिष्ठा स्वाभिमान राष्ट्र प्रेम और सामाजिक समरसता से परिपूर्ण समस्त मानवता के लिए प्रेरणादायी है

प्राधिकरण ने फ्री टू एयर यानी मुफ्त देखे जाने वाले चैनलों का शुल्क घटाकर एक सौ साठ रुपए प्रति माह कर दिया है ट्राई ने वक्तव्य में कहा कि जिन घरों में एक व्यक्ति के नाम से एक से अधिक टीवी कनेक्शन हैं ऐसे घरों में दूसरे और अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए अधिकतम चालीस प्रतिशत शुल्क ही लिया जाएगा परिवहन आयुक्त ने कहा है कि अगले महीने से गंगा नदी पर बने राजेन्द्र सेतु से भारी मालवाहक वाहनों को रेल के माध्यम से पार किया जायेगा उन्होंने कहा कि पूर्व मध्य रेलवे परिवहन विभाग और बिहार स्टेट ट्रक आनर्स एसोसिएशन की बैठक में रो रो सेवा शुरू करने की सहमति बन गयी है उन्होंने कहा कि पिछले नवम्बर महीने से राजेन्द्र सेतु पर भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर रोक लगायी गयी है इसी के मद्देनजर रो रो सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है पिछले माह दिसम्बर महीने में जीएसटी राजस्व की वसूली एक लाख तीन हजार एक सौ चौरासी करोड़ रुपये रही जो दो हजार अट्ठारह में इसी महीने में हुई राजस्व वसूली से सोलह प्रतिशत ज्यादा है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नवंबर महीने के लिए इकतीस दिसंबर दो हजार उन्नीस तक कुल इक्यासी लाख से अधिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए महाराष्ट्र के नासिक में खेली जा रही तेरहवीं सीनियर राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार ने तीन स्वर्ण पदक प्राप्त किया विभिन्न भार वर्ग में राज्य की मनीषा क्णाल और मुस्कान परवीन ने गोल्ड मैडल जीता कटक में आयोजित होने वाली पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय टीम की घोषणा कर दी गयी है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है जमीन के मालिकाना हक का सार्टिफिकेट भी मिलेगा दैनिक जागरण ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल विपिन रावत के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति से दूर रहकर अपना काम करती हैं सेनाएं आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर को सुर्खी बनाते हुए दैनिक भास्कर ने शीर्षक लगाया है उपेन्द्र शर्मा पटना के एसएसपी अशोक मिश्र बने पटना पश्चिम के सिटी एसपी प्रभात खबर की सुर्खी है अब चांद को चूमेगा चन्द्रयान तीन दो हजार इक्कीस में होगा लांच राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है माल्या की जब्त संपत्ति बेचकर बैंक करेंगे वसूली

प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश के कारण ठंड में बढ़ोतरी

टीवी चैनल देखना होगा सस्ता